विधानसभा में आज निर्दलीय विधायक संयम लोढा ने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम पिछली सरकार द्वारा अटल सेवा केन्द्र करने का मुददा उठाया और कहा कि इन केन्द्रों का नाम नियम विरूद्व परिवर्तित किया गया है इस विषय पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे इन केन्द्रों का नाम परिवर्तित किया है और उन्होंने इन केन्द्रों का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी के नाम पर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से स्वाइनफलू के रोगियों की संख्या बढ़ने और लोगों की मृत्यू को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया श्री सराफ ने कहा कि सरकार मरीजों की स्क्रीनिंग तथा जन जागरूकता पर ध्यान नहीं दे रही है इसके जवाब में चिकित्सा मंत्री रघ शर्मा ने कहा कि स्वाइनफल की जांच और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी स्वाइनफलू के उपचार में काम ली जाने वाली दवा टेमीफलू उपलब्ध करायी गयी है श्री शर्मा ने कहा यह मौसमी बीमारी है और नवम्बर से लेकर फरवरी तक इसके ज्यादा मामले सामने आते हैं

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पुछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में विभिन्न पदों पर औपचारिकताएं पूरी किए बिना भर्तियां निकाली जो समय पर पूरी नहीं हो सकी

अध्यक्ष पद पर पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज जयपूर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्यसमिति और कार्यकारिणी के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दे दिए गए हैं

श्री पायलट ने वसुंधरा सरकार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस योजना के मृतप्रायः हो जाने के कारण गांवों में विकास के कार्य नहीं हो पाए अब कांग्रेस की सरकार हर ग्राम पंचायत में विकास के काम कराएगी

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों विशेष रूप से दुनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें देश आजकल असीमित अवसर प्रदान करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड़ ने प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासी भारतीयों का समर्थन चाहता है श्री राठौड़ ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के सबसे बड़े दूत हैं उन्होंने कहा कि भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है और पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान इसमें बहुत वृद्धि हुई है क्योंकि लोगों ने केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मतदान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का कल औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे तीन दिन के कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के अनेक विश्व नेता भारतीय प्रवासियों की भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे

इस बैठक में पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस ने झूंठे वादे कर जनता को गुमराह किया है

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय अरविन्द सारस्वत को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है

उन्होंने बताया कि आवश्यता होने पर दोपहर में मतदान होगा और उसके तुरन्त बाद मतगणना होगी

सरपंच रामसहाय बैरवा ने यह राशि मस्टररोल जारी करने की एवज में मांगी थी हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये मतदाताओं को जागरूक कर रहे है पांच राज्यों के लोक कलाकार पांच दिनों तक आकर्षक नृत्यों के माध्यम से मतदान का संदेश देंगे भरतपुर के नदबई में नगर मार्ग पर दो अलग अलग सड़क हादसों में एक वृद्ध की मौत हो गई वहीं दो मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए

राजधानी जयपुर सहित कुछ स्थानों पर बारिश हुई जैसलमेर सवाईमाधोप्रधौलपुर भरतपुर तथा ब्रंदी सहित कई स्थानों पर आज धुलभरी आंधी और हल्की बारिश के समाचार है जैसलमेर जिले में रामगढ और मोहनगढ के साथ कृछ अन्य स्थानों पर सुबह से ही रूकरूककर वर्षा हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि किसान इसे गेहूं सौंफ चना ओर सरसों की फसल के लिये फायदेमंद बता रहे है